आज जैव ईंधन संचालित एक विमान ने देहरादून से दिल्ली तक का सफर सफलतापूर्वक तय किया यह जैव ईंधन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की ओर से तैयार किया गया था गौरतलब है कि जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री ने एक समारोह में इसके उपयोग पर जोर दिया था

प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि केंद्र ने केरल के लिए जो छह सौ करोड़ रुपए की राशि जारी की है वह राज्य के पीड़ित लोगों को शुरुआती राहत देने के लिए अग्रिम सहायता है

केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की श्री मोदी ने कहा कि केरल में बाढ़ से पैदा आपात स्थिति को देखते हुए सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं को अलग रख कर सहायता दी गई है

आज की बैठक की कार्यसूची में मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा की जाएगी बैठक में राजनीतिक दलों और विघानसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा तय करने संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उपायों पर आयोग सुझाव आमंत्रित करेगा दिव्यांगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते राजनीतिक दर्लो के विचार और फीडबैक पर चर्चा की जाएगी

अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पथराव की घटना के संबंध में उन पर लगाये गये आरोपोर्ट को गलत बताया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं श्री गहलोत कल जोघप्र हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हैं और इस मामले में उनका नाम लेकर बाते करना गलत हैं

अजमेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के के शर्मा ने बताया कि इससे पहले कल दी गई ढील के दौरान शांति बनी रही लोर्गो ने बाजारों में खरीदारी की

हादसे में ट्रेलर के पास से गुजर रहे मोटर साइकिल सवार की जलने से मौत हो गई

ग्राम पंचायत मोटेर पूरबसर दनियासर और घांधूसर में कृषि कनेक्शन दिए जाने की योजना सरकार ने बनाई है इन पंचायतो में सिंचाई पानी की कोई सुविधा नहीं है गौरतलब है कि एक दर्जन गांवों के किसानों को माइनर की जगह कृषि कनेक्शन देकर ट्यूबवैल के जरिये सिंचाई पानी देने की राज्य सरकार ने घोषणा की है क्षेत्र के प्रभावित किसानों को क षि कनेक्शन देकर उनके खेतों में ट्यूबवैल लगवाए जाने की योजना है डिस्कॉम ने इन चार पंचायतों में कृषि कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है

इसमें एलसीडी स्क्रीन और कला जत्था भी होगा